बागी विधायकों को मंत्रीमंडल में शामिल कर मनाने की कोशिश

सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्दांजलि देने के बाद कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद थे

सरकार ने दो दर्जन नये और संशोधन विधयक भी सत्र के दौरान प्रस्तुत करने की तैयारी की है सत्र बैठक विधानसभा के मॉनसुन सत्र की बैठक शनिवार और रविवार को भी होगी

इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के मददेनजर अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है किसान आय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोग्नी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए आज नई दिल्ली में राज्यों के क षि मंत्रियो के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं के बजाय आय केन्द्रित योजनाओं पर की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान क्रैडिट कार्ड और मुदा स्वास्थ्य योजनाएं इसके क्छ उदाहरण हैं उन्होंने राज्यों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने का आग्रह किया बाल मजदूरी पिछले पांच वर्षो में तीन लाख बीस हजार से अधिक बच्चों को विभिन्न प्रकार की बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया है श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इस बारे में आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सरकार देश के सभी भागों से बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय भी कष्टदायक परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा उनकी देखरेख और पुनर्वास के लिए बाल संरक्षण सेवाएं भी लागू कर रहा है

कोई भी व्यक्ति सुनवाई में उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव प्रस्त्रत कर सकता है दस्तक अभियान पूरे प्रदेश की तरह ग्वालियर जिले में भी दस्तक अभियान चलाया जा रहा है अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग का अमला गाँव गाँव जाकर कार्य कर रहा है जिला कलेक्टर ने कल अभियान की समीक्षा के दौरान कहा है कि सराहनीय कार्य करने वाली तीन एएनएम तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तीन आशा कार्यकर्ता और एक बीएमओ को सम्मानित किया जायेगा

बताया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किया जाएगा कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बागी विधायकों को समझाया जा रहा है और उन्हें मंत्रिमंडल में लेने का वादा करके इस्तीफा वापिस लेने पर राजी किया जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है वहीं मुख्यमंत्री कमारस्वामी ने दावा किया है कि यह मामला सुलझ गया है और सरकार को कोई खतरा नहीं है इससे पहले निर्देलीय विधायक एच नागेश ने भी मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए समर्थन वापस ले लिया था यह मामला संसद में भी उठा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के राजनीतिक संकट के पीछे भाजपा का हाथ होने के कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जनता दल सैक्युलर और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के राजनीतिक घटनाक्रम से भाजपा का कोई लेनादेना नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त में कभी शामिल नहीं रही क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा मैच मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार दिन में तीन बजे से खेला जायेगा हालांकि मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में रूक रूककर बारिश का दौर जारी है

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज सुबह से ही बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर हैं जिला कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने और इन्हें पार न करने की हिदायत दी है उधर खंडवा जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है

शहडोल जिले में अति कुपोषित बच्चों के परिजनों को निःशुल्क सब्जी बीज वितरित किये जाएगे

खरगोन जिले के कसरावद के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाईक सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई